जो बाइडन की जीत के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना भी तय हो गया है वे अमरीका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी सुश्री हैरिस भारतीय और अफ्रीकी मूल की ऐसी पहली महिला हैं जो अमरीकी सीनेट की सदस्य होंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो बाइडेन को अमरीका में राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें श्री बाइडेन के साथ दोनों देशों के संबंधों को ऊँचाईयों पर ले जाने के लिए मिलकर काम करने का मौका मिलेगा वहीं कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत अमरीकी समुदाय के लिए गर्व का विषय है

इस बीच विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है

एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा में जहां उत्साह देखने को मिल रहा है तो वहीं कांग्रेस इसे नकार रही है

मंदसौर की सुवासरा सीट से सामान्य प्रेक्षक टी बाबूराव नायडू द्वारा कल मतगणना कक्ष का निरीक्षण किया गया

शिवपुरी में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आगामी मंगलवार को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया आगरमालवा में भी जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशानिर्देश दिये खाद्य सुरक्षा बैठक केन्द्र सरकार के वित्त पोषण से प्रदेश में शीघ्र ही खाद्य सामग्री की जाँच के लिये इंदौर ग्वालियर एवं जबलपुर में तीन नई प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने क्षमता बढ़ाए जाने के संबंध में निर्देश दिए उधर सरकार ने प्रदेश में मिलावटखोरों और नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्व सघन अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है स्मार्ट सिटी रैकिंग शहरी विकास मंत्रालय की हर सप्ताह जारी होने वाली देशभर की स्मार्ट सिटी की वरीयता सुची में इंदौर चौथे स्थान पर बना हुआ है

दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे पर वाराणसी है

गौरतलब है कि मंत्रालय हर सप्ताह नए कार्य शुरू करने जारी कार्यों की प्रगति और भुगतान की स्थिति जैसे तथ्यों के आधार पर वरीयता सूची जारी करता है

जीवाश्म को वैज्ञानिक परीक्षण के लिए डॉ हरिसिंह गौर विवि सागर के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री व जीवाश्म विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रदीप कमार कठल ने अध्ययन व परीक्षण के बाद पाया के ये जीवाश्म शाकाहारी डायनासौर के है

अंडो की ऊपरी परत का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया जिले के जीवाश्म विशेषज्ञ प्रशांत श्रीवास्तव की यह नई खोज है जिनकी वजह से ये उपलब्धि मंडला जिले को मिली है उन्होंने बताया कि अब इस खोज से अब नए अनुसंधान के रास्ते खुल गए है इससे यह तय हो गया है कि नर्मदा घाटी में डायनासौर विचरण करते थे

मंडला के राहत की खबर मिली जहां एक भी प्रकरण सामने नहीं आया

उधर खरगोन में कलेक्टर अनुग्रह पी ने मैराल ओवरसीज कंपनी के निरीक्षण के दौरान सभी मजदूरों को मास्कयुक्त और पूरी तरह सेनेटाइज प्रकिया का पालन करने की सराहना की जन आंदोलन उज्जैन स्थित बाल्मिकी धाम के पीठाधीश्वर संत उमेशनाथ महाराज ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है